मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपदों में कोविड वैक्सीन की प्रभावी कोल्ड चेन व्यवस्था और ट्रांसपोटेशन को संबंध में समुचित व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि कोरोना के संबंध में अभी भी पूरी सतर्कता बरतने की आवश्यकता हैं इस समय थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है

वह कल सम्पूर्ण वैक्सीनेशन प्रोसेस की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अनिवार्य उपयोग के संबंध में लोगों को लगातार जागरूक और प्रोत्साहित किया जाये उन्होंने टेस्टिंग कार्य भी निर्धारित क्षमता के अनुरूप जारी रखने के लिये कहा

कांटैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस पर पूरा ध्यान दिया जाये यह सुनिश्चित किया जाये कि जनपदों में इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर सुचारू रूप से कार्य करे जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह कोविड चिकित्सालय में और शाम इंटेग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर में समीक्षा बैठक आहूत करे

उन्होंने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जनपद में टीम गठित कर धान क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाये यह टीमें धान खरीद केन्द्रों की व्यवस्थाओं को परखने के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देंगे कि खरीद केन्द्रों पर केवल किसानों का ही धान क्रय किया जाये वहीं मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग को गोआश्रय स्थलों का नियमित अनुश्रवण करते हुए इनकी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाये रखने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुए इन्हें डेरी परियोजनाओं से जोड़ा जाये

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसान समुदाय से अपील की है कि वे नये कृषि कानून के बारे में किये जा रहे गलत प्रचार से भ्रमित न हों कृषि मंत्री ने किसानों से आग्रह किया कि वे इन कानूनों के तथ्यों को समझें और बातचीत करें कल रात मुंबई में जारी खुले पत्र में श्री तोमर ने किसानों को आगाह किया कि वे इन कानूनों के खिलाफ राजनीतिक दलों के भ्रमजाल में न आएं केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज मेरठ में किसान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी राजनीतिक दल राजनैतिक स्वार्थ के लिये किसानों के कंधे पर रखकर बन्दूक चला रहे हैं वे किसानों में फूट डालकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहत है उन्होंने कहा कि नये कृषि कानून किसानों के हित में हैं इनसे उन्हें कोई किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि कृषि मंत्री ने देश के लाखों किसानों और किसान संगठनों से वार्ता के बाद ही संसद में कृषि बिल पेश किया था उन्होंने कहा कि नये भारत के निर्माण के लिये इन कृषि कानूनों का महत्वपूर्ण योगदान है जिसे किसानों के समर्थन से ही सफल बनाया जा सकता है उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों की भलाई के लिये कार्य कर रही है कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान पूव केन्द्रीय मंत्री और सांसद सत्यपाल सिंह सांसद राजेन्द्र अग्रवाल और प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी मौजूद रहे

यह छूट कुछ शर्तों के अनुरूप दी जायेगी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

प्रदेश में अग्निशमन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरूस्त बनाने के लिये छाछठ नये अग्निशमन केन्द्र खोले जा रहे हैं उनके लिये एक हजार सात सौ सोलह पदों का सूजन किया गया है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लखनऊ में बताया कि प्रदेश में छाछठ नये अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना की जायेगी जिसके लिये एक हजार सात सौ सोलह नये पदों का सूजन किया गया है उन्होंने बताया कि शासन द्वारा प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र के लिये छब्बीस पदों के अनुपात से इन सभी छाछठ अग्निशमन केन्द्रों के लिये एक हजार सात सौ नये पद सूजित किये गये हैं यह अग्निशमन केन्द्र गोरखपुर मऊ बांदा रामपुर कानपुर गोण्डा उन्नाव कुशीनगर बदायूं आगरा सुल्तानपुर जौनपुर देवरिया बहराइच संतकबीरनगर वाराणसी चित्रकूट हरदोई रायबरेली इटावा सोनभद्र बुलन्दशहर चन्दौली मुजफ्फरनगर महोबा गाजीपुर सीतापुर एटा प्रयागराज औरैया हाथरस बलिया महाराजगंज कौशाम्बी झांसी बलरामपुर अमरोहा और सिद्वार्थनगर जनपदों में विभिन्न क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल स्वीकृत और प्रचलित एक सौ एक अग्निशमन केन्द्रों के निर्माण कार्यो की प्रगति जारी है इनमें से ग्यारह अग्निशमन केन्द्रों पर पचहत्तर प्रतिशत से ज्यादा ग्यारह अन्य केन्द्रों पर पचास से पचहत्तर प्रतिशत तथा तोस अग्निशमन केन्द्रों पर पच्चीस से पचास प्रतिशत और उन्चास केन्द्रों पर पच्चीस प्रतिशत के अन्दर कार्य सम्पन्न हो चुका है इन निर्माण कार्यो में और तेजी लाने के लिये संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देश दिये गये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कारागार और अग्निशमन विभागों में विभिन्न पदों की भर्ती को मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं लखनऊ स्थित वायु सेना कॉलेज में कल फाइटर कंट्रोलर कोर्स का दीक्षान्त समारोह आयोजित किया गया वायु सेना स्टेशन मेमोरा स्थित इस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता एयर वाइस मार्शल बी साजु ने की फाइटर कंट्रोलर कोर्स पिछली जुलाई में शुरू हुआ था कोर्स के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये फ्लाइंस आफीसर नवनीत मिश्रा को वायु अफसर कमांडिंग इन चीफ मध्य वायू कमान की ट्राफी प्रदान की गई

कार्यक्रम में लोगों से कोरोना के संक्रमण से बचने के लिये उपायों और सावधानियों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की गई